प्रधानमंत्री स्वच्छता केंद्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बल भिला है उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्रभाव देश के गरीब आदमी की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उदघाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना और व्यवहार में स्थायी बदलाव आया है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र सफाई के प्रति गांधी जी के प्रयासों को एक श्रद्वांजलि है

नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में बच्चों की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकृर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में ये मंजूरी दी गई

इस बीच धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश की आर्थिकी प्रभावित हुई है लेकिन केन्द्र सरकार की मदद से राज्य में आर्थिक सुधार को लेकर कई कदम उठाए गए

इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत व कृशल नेतृत्व के कारण अयोध्या में श्रीराम मंदिर के भूमिपूजन से करोड़ों भारतीयों का सपना साकार हुआ है उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पर्याप्त एहतियात बरतने का आग्रह किया इस बीच मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भी किया सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह वन मंत्री राकेश पठानिया और विधायक विशाल नैहरिया व प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक जम्वाल भी इस अवसर पर मौजूद रहे अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विभिन्न विषयों पर आयोजित सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारी बढ़त मिलने को मोदी सरकार द्वारा देशहित में लिए गए नीतिगत फैसलों का परिणाम बताया है उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र से केन्द्र सरकार ने देश व जनहित से जुड़े अभूतपूर्व फैसले लिए जिनका देशवासियों को दशकों से इंतजार था अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र की मोदी संरकार के कोरोना सीमा पर चीन की चुनौती और आर्थिक मोर्चे पर नीतिगत फैसले लेने सहित अन्य फैसलों पर पूरे देश ने एकजुटता से अपना विश्वास जताया है भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण व संवर्द्वन के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है ये बात आज उन्होंने न्यू शिमला में रूप नारायण समाज कल्याण समिति द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान कही भारद्वाज ने कहा कि वन विद्यार्थी योजना सामुदायिक वन संवर्द्वन व वन समृद्धि योजना के तहत वन मंडल शिमला द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में दो सौ हैक्टेयर भूमि पर करीब डेढ लाख पौधे रोपित किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि सभिति द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्येक्रम शिमला शहर की सुंदरता बढ़ाने में लाभकारी सिद्ध होगा

चम्बा डीसी इस बीच चम्बा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए धड़ोग व कसाकड़ा सहित चम्बा शहर के कुछ वार्डो को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उन्होंने कहा कि इन वार्डो को सील कर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जाएगा

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती के उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए सर्टिफिकेशन की जाएगी और बाज़ार भी उपलब्ध करवाया जाएगा सैजल स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सहयोग देने का आहवान किया है सैजल ने कहा कि कोरोना मामलों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं और विभिन्न स्तरों पर चुने हुए प्रतिनिधियों को भिलकर कार्य करना होगा राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है एक बयान में उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की टैस्टिंग की संख्या नहीं बढ़ाई जाती तब तक इसका सही आकलन संभव नहीं है राठौर ने प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना से निपटने की बजाय मिशन रिपीट पर अधिक ध्यान दे रहे हैं

कुल्लू जिला के राणाबाग के समीप आज दोपहर एक कार दुर्घटना में दो लोगों की मृत्यू हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है इधर सोलन जिले के अर्की उपमण्डल में गलोग के समीप एक कार के गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है मृतक की पहचान समोती गांव के कुलदीप सिंह के रूप में हुई है

घायल व्यक्ति को उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल रैफर किया गया है